इस योजना का उद्देश्य भारतनेट के जरिए ग्रामीण इंटरनेट संपर्क का स्वरूप बदलना है वाई फाई चौपालों के माध्यसम से ग्रामीण इलाकों के लोगों को विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी इंटरनेट सेवाएं भिल सकेंगी

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी

केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने नई दिल्ली में एक बैठक में इस तरह की सामग्री पर रोक लगाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की बैठक में आतंकवादी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जा रही सामग्री तथा बाल पोर्नोग्राफी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए जांच एजेन्सियों द्वारा उठाये जाने वाले प्रभावशाली तथा ठोस कदमों के बारे में चर्चा की गयी विशेष रूप से जांच एजेन्सियों संचार विभाग इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया

यह प्रतियोगिता देश के दस विभिन्न शहरों में आयोजित होगी इसमें हार्डवेयर के जरिये ड्रोन बनाने कचरा प्रबंधन स्वच्छ पेयजल और संचार से संबंधित उपकरणों को तैयार करने का काम होगा

पांच दिनों तक चलनेवाली इस प्रतियोगिता में आईआईटी और एनआईटी के छात्र भाग लेंगे

इसके तहत महिलाएं कार्यस्थलों पर योगाभ्यास करते हुए अपने वीडियो और फोटो साझा कर सकेंगी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हैशटैग योग फॉर नाइन टू फाइव प्रतियोगिता शुरू की गयी है प्रतियोगिता में काम के घंटों के दौरान योगाम्यास की प्रविष्टियां आमंत्रित की गयी हैं

प्रतियोगियों का चयन उनकी रचनात्मकता मौलिकता संयोजन तकनीकी दक्षता सादगी कलात्मकता और दृश्य प्रभाव के आधार पर होगा

संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ की अध्यक्षता में हो रही वार्ता में पिछले दिनों सरकार और गुर्जरों के बीच हुए समझौते की क्रियान्विति को लेकर चर्चा की जा रही है

शाम पांच बजे तक मत डाले जा सकेगें

काउंसलिंग का पहला दौर शुक्रवार को समाप्त हो जायेगा

चाइल्डलाइन अलवर के समन्वयक ने बताया कि इनमें पांच बालक और तीन बालिकाए शामिल है